एचडीएफसी बैंक द्वारा शुरू किए गए डिजिटल साक्षरता अभियान के शुभारंभ अवसर पर आज शिमला में उन्होंने ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक माह के इस डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लोगों को बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारियां दी जाएंगी उन्होंने बैंक के प्रगति रथ को भी रवाना किया और बैंक द्वारा विभिन्न गतिविधियां आरंभ करने की सराहना की अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं आज हमीरपुर के बड़ू स्थित बहुतकनीकी संस्थान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित दो दिवसीय कस्टमर आउट रीच कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही

उन्होंने कहा कि बैंकों के विलय से इनकी क्षमता बढ़ने के साथ बैंक और मजबूत हुए हैं अनुराग ठाकुर ने बैंकों से ग्राहकों तक अपनी सेवाएं त्वरित पहुंचाने और लघु सूक्ष्म उद्योग बकरी पालन व डेरी फार्मिंग को लेकर अधिक से अधिक लोगों को ऋण देने को कहा केन्द्रीय मंत्री ने क्षेत्र में इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को आजीविका से संबंधित छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करने का आहवान किया अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया के तहत युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

नामांकन वापिसी के आखिरी दिन आज धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापिस नहीं लिया जबकि पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार आशीष सिक्टा ने भाजपा के समर्थन में नाम वापिस ले लिया है

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कुछ नाराजगी के चलते आशीष सिक्टा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवाया था उन्होंने कहा कि पार्टी में आशीष सिक्टा का पूरा मान समान किया जाएगा

इस अवसर पर वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतर मौका मिलता है उन्होंने युवाओं से देश व प्रदेश की समुद्ध और गौरवशाली परम्परा को आगे ले जाने में अपना सहयोग देने का आहवान किया

पर्यवेक्षक धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा को सामान्य च्नाव पर्यवेक्षक लगाया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश गज्जू ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत इनसे की जा सकती है उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई हैं और निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी इसके लागू होने से पारदर्शिता आई है और लोगों को समय पर सूचना मिली है

धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने आज सुजानपुर महाविद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना व मंदिर अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान अपने आप में एक मंदिर होता है और यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले अच्छी तालीम लेकर भविष्य का निर्माण करते हैं